इस शिखर सम्मेलन का विषय यूएस इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेज है सम्मेलन में व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग और विश्व की सप्लाई चेन प्रणाली में भारत की स्थिति पर विशेष जोर दिया जा रहा है

पिछले पांच महीनों के दौरान कोविड जांच क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है

मेट्रो रेल का परिचालन इस महीने की सात तारीख से चरणबद्व तरीके से शुरू होने जा रहा है

पहले चरण में मेट्रो सेवाएं दो शिफ्टों में उपलब्ध रहेंगी कंटेनमेंट जोन में स्थित मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे इधर इन दिशा निर्देशों के आधार पर जयपुर मेट्रो ने भी अपनी मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली हैं वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षाओं के दौरान कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है

उन्होंने बताया कि बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इण्डिया का सेस्मिक सर्वे का कार्य भी जारी है